कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिंहा ने बताया कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र सहित एक सौ सत्रह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा इसके साथ ही लोकसभा की कुल पांच सौ तैंतालीस सीटों में से तीन सौ तीन सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है श्री सिंहा ने कहा कि लोगों ने मतदान में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया असम में सबसे अधिक अस्सी दशमलव सात चार प्रतिशत मतदान हुआ धूबरी में सबसे अधिक सत्तासी प्रतिशत जबकि गुवाहाटी में अस्सी प्रतिशत मतदान होने की खबर है त्रिपुरा में उन्यासी दशमलव छह चार प्रतिशत और जम्मू कश्मीर में सबसे कम बारह दशमलव आठ छह प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ पश्चिम बंगाल में लगभग उन्यासी प्रतिशत केरल में तिहत्तर प्रतिशत से अधिक वोट पड़े दमन और दीव में तिहत्तर प्रतिशत दादर और नगर हवेली तथा गोआ में लगभग पिचहत्तर प्रतिशत वोट पड़े छत्तिसगढ़ में चौसठ प्रतिशत कर्नाटक उत्तर प्रदेश और बिहार में साठ प्रतिशत और गुजरात में उनसठ प्रतिशत मतदान हुआ महाराष्ट्र में चौदह संसदीय क्षेत्रों में कल शाम छह बजे तक इकसठ प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप सिंधे ने बताया मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में देर तक मतदान चल रहा था ओडिसा में चौसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया जहां लोकसभा और विधान सभा के चुनाव साथ साथ कराये गये अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज तड़के एक बजकर पैतालीस मिनट पर पांच दशमलव नौ तीव्रता का भ्रकंप आया प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के मुख्यालय आलो से तैतीस किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चौदह किलोमीटर की गहराई पर स्थित था अभी जान माल के नुकसान की खबर नहीं हैं उधर तिब्बत के यिंगची शहर में आज तड़के छह दशमलव तीन तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह चार बजकर पंद्रह मिनट पर आये भूकंप का केंद्र दस किलोमीटर की गहराई पर स्थित था नेपाल में भी आज चूबह छह बजकर चौदह मिनट पर काठमांडु में भूकंप के झटके आए रिएक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता चार दशमलव आठ मापी गई नेपाल की राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई केंद्र ने बताया कि भ्रकंप के झटके सवेरे छह बजकर उन्तीस मिनट और छह बजकर चालीस मिनट पर भी महसूस किए गए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालयों आकाशवाणी प्रकाशन विभाग और भारतीय बाल फिल्म समिति को नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान किए गए मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने यह पुरस्कार प्रदान किए आकाशवाणी महानिदेशक फैय्याज शहरयार और महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने आकाशवाणी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद पत्र सूचना कार्यालय और बेसिल द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से कल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेसिक कंप्यूटर कोर्स और क्रियर डिलीवरी एक्जीक्यूटिव पर तीन महीने का कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरु हुआ कुल मिलाकर लगभग दो सौ पचास छात्र कौशल आधारित पाठ्यक्रम में भाग ले रहे है निगम ने प्रशिक्षण के बाद यूवाओं को रोजगार में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया पाठ्यक्रम के समापन के बाद प्रत्येक प्रतिभागी को पांच हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी